भाजपा व कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों सहित अन्य आजाद प्रत्याशी भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं

प्याज केन्द्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए इसकी सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है वाणिज्य मंत्रालय ने प्याज के निर्यात पर रोक संबंधी नीति में संशोधन कर यह फैसला लिया है केन्द्र ने राज्य सरकारों को जमाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं

उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता आम लोगों के बीच जाकर गांधीवाद स्वदेशी स्वावलम्बन और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे सत्ती ने बताया कि ऊना में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इस यात्रा में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे चुनाव मुददा कांग्रेस मानव अधिकार विभाग के चेयरमैन संजय सिंह चौहान ने कहा है कि पार्टी ने उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है उन्होंने कहा कि धर्मशाला प्रशासनिक ट्रिब्यूनल व प्रशासनिक प्राधिकरण का बंद होना उपचुनाव में मुख्य मुददे रहेंगे उन्होंने कहा कि इसके अलावा बढ़ती महंगाई व बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा नवरात्र शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है ब्रह्मचारिणी ज्ञान वैराग्य और ध्यान की अधिष्ठात्री देवी हैं इस अवसर पर प्रदेश के शक्तिपीठों सहित विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्दालुओं का तांता लगा हुआ है

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी रूक रूक कर वर्षा का कम जारी है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने उप चुनाव के लिए भाजपा द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित किए जाने की खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है भाजपा का नए युवा चेहरों पर दांव धर्मशाला से नैहरिया पच्छाद से रीना पंजाब केसरी का शीर्षक है भाजपा ने युवा चेहरों पर जताया भरोसा धर्मशाला से विशाल नैहरिया पच्छाद से रीना कश्यप को टिकट दैनिक जागरण व अजीत समाचार के लगभग एक जैसे शब्द हैं धर्मशाला से विशाल व पच्छाद से रीना भाजपा प्रत्याशी दिव्य हिमाचल का कहना है हिमाचल की दो विधानसभा सीटों में उपचुनाव के लिए दिल्ली से ऐलान दैनिक भास्कर के मुताबिक दोनों के नाम घोषित होने के साथ ही चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की तस्वीर साफ जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है उप चुनाव के लिए भाजपा ने किया उम्मीदवारों का ऐलान मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है बारिश का दौर जारी तापमान गिरा दैनिक जागरण का शीर्षक है केलंग से ठंडा हुआ शिमला भू स्खलन से कई जगह सड़कें बंद आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल के कई क्षेत्रों में बारिश पहाड़ों पर बर्फबारी

दिव्य हिमाचल के अनुसार हिमाचल में देरी से विदा होगा मॉनसून गृह प्रवेश को शिमला पहुंची प्रियंका दक्षिण भारत से बुलाए पुजारी अमर उजाला की एक खबर है दैनिक भास्कर के शब्द हैं शिमला पहुंची प्रियंका गांधी पहले नवरात्र पर अपने नए घर में की पूजा वहीं दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है नवरात्र पर प्रियंका ने दादी इंदिरा को किया याद ट्वीटर के जरिए लोगों को दी नवरात्र की शुभकामनाएं

नमस्कार